श्री मोदी आज सिक्किम में पाक्योंग हवाई अड्डे को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद एक बैठक को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के सभी प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उड़ान जैसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से यात्रा करना आसान और कम खर्चीला हुआ है

आज जयपुर में दूसरी वार्षिक कांक्लेव का उदघाटन करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि डिजिटल तकनीक से सभी के जीवन में बदलाव आ रहा है और डिजिटल क्लासरूम से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि कोंग्रेस बौखलाहट के कारण राफेल सौदे को लेकर झठे आरोप लगा रही है उन्होंने कहा कि यह सौदा दो सरकारों के बीच हुआ है और इसमें किसी बिचौलिये की भूमिका नही है

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव देने का आग्रह किया

श्री पायलट ने आज उदयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य में भाजपा छोड़ने वालों की सूची लम्बी होती जा रही है श्री पायलट ने कहा कि पिछले दिनों सागवाड़ा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सफल रैली से कार्यकर्ताओं के जबरदस्त उत्साह है

श्री तिवाड़ी ने आज जयपुर में पत्रकारों को बताया कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया गया है लेकिन इसके बावजूद समाज में कई ऐसी जांतियां हैं जिनको आरक्षण की किसी भी श्रेणी में लाभ नहीं मिल पाता है श्री तिवाड़ी ने कहा कि यह कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है

प्रतापगढ में आज मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया